्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से नवाचार को बढावा देने की अपील की कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान में युवाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इसरो का इस कैलेंडर वर्ष में भारत का ये पहला मिशन है इसरो प्रमुख डॉ के सिवन इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों इंजीनियरों और देशवासियों को बधाई दी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारत की इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी है

उन्होंने ऐसे किसी भी कारोबार के लिए युवाओं को सहुलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने नये कानून बनाए हैं और आज भारत दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट कर वाले देशों में शामिल है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पांच वर्ष पूर्व भारत ने बहादुरी के साथ देश की रक्षा करने वाले महान सैनिकों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृतकों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही है

इसके त्रंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने अपने बोर्ड बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं

भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए निरंतर बैठक कर रहे हैं

आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर अब भी कई गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है और कुछ गाडियों को रदद किया गया है

वहीं दसरी ओर सरकार की ओर से आईएएस अधिकारी नीरज के पवन ने कहा है कि सरकार गूर्जर समाज की मांगों को लेकर विचार कर रही है और इन मांगों का जल्दी ही निपटारा कर दिया जाएगा

इसका अनावरण उदयपुर के सांसद अर्जुन्न लाल मीणा और उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूलसिंह मीणा ने किया इस अवसर पर लोगों को मास्क बांटे गए और मौजूद लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए उचित व्यवहार करने की शपथ दिलाई गई इसके अलावा स्काउट गाइड की ओर से रैली निकालकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई

अतिरिक्त पूलिस महानिदेशक गोविंद गृप्ता ने बतायों कि भर्ती परीक्षा के दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई

भारत में दृनिया के सर्वाधिक कैंसर मरीज है

आज भी प्रदेश के कई जिलों में गुलाबी ठंड़ का असर बना रहा